सदन में आज कोरोना तथा राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की शुरुआत करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार रिकवरी रेट को बढ़ाने मृत्यु दर को कम करने तथा हेल्थ इफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर निरंतर काम कर रही है डॉ शर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है उन्होंने कहा कि राज्य की रिकवरी रेट देश के औसत से ज्यादा है

उन्होंने कहा कि सरकार मृतयुदर को शून्य पर लाने के लिए प्रयास कर रही है

सदन में हंगामे को देखते हए कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया जैसलमेर जिले के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में कल देश में ही विकसित उन्नत पिनाका मिसाईल एमबीआरएल का सफल परीक्षण किया गया पिनाका ने अचूक निशाने साधते लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया पहले पिनाका में निर्देशित प्रणाली नहीं थी अब इसे इस प्रणाली से भी युक्त कर दिया गया है इसके पहले दो परीक्षण बुधवार को किए गए थे पिनाका मिसाइल में पहली बार एडवांस नेवीगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया इनकी सहायता से अब यह अपने लक्ष्य को पहचान कर एकदम सटीक प्रहार करने में सक्षम हो गई है परीक्षण में यह अपने दोनों नए मानकों पर पूरी तरह खरी उतरी इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी परीक्षण के दौरान डीआरडीओ और सेना के आर्टिलरी के अधिकारी उपस्थित थे प्रदेश में कोरोना संकमण को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रतिदिन नमूनों की जांच में तेजी ला रही है

मौसम विभाग ने प्रदेश में कोटा अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले तीन से चार दिनों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इस बीच मानसून की बारिश का दौर जारी है

वहीं उदयपुर शहर में कल रात से शुरू हआ बारिश का दौर आज भी रूक रूककर जारी है

करौली जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध लबालब हो गया है